पीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

उन्होंने वर्षा के कारण हुई भारी तबाही को गंभीर आपदा की श्रेणी में रखने की माँग की श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों को जो क्षति पहुँची है उससे पूरा देश प्रभावित होगा क्योंकि राज्य में उत्पादित फसलें पूरे देश की जरूरत पूरी करती हैं

रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो दर को पांच दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत कर दिया है इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है

बैंक की ओर से कहा गया है कि इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चार प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखना है ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बनी रहे लेकिन इसमें दो प्रतिशत की कमी या बढ़त की संभावना हो सकती है रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है वायुसेना प्रमुख वायुर्सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हमले समेत कई सैन्य कार्यवाइयों को अंजाम देकर नये मानदण्ड स्थापित किए हैं पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी रिथति का सामना करने को तैयार हें इस दौरान बालाकोट कार्रवाई की वीडियो क्लिप भी दिखाई गयी

भाजपा विरोध प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का पार्षदों द्वारा चुनाव कराने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है आज पार्टी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर इससे जुड़े अध्यादेश पर हस्ताक्षर न करने का अनुरोध किया पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता विधायक कृष्णा गौर भोपाल महापौर आलोक शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राजभवन पहुंचे थे गौरतलब है कि पिछले दिनो राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव की प्रकिया में बदलाव किया था

ऑडियो गाइड में दृश्य और श्रव्य के साथ प्रमाणिक जानकारी मिलेगी ऑडियो ओडिगोज की मदद से अब पर्यटक भारतीय संस्कृति एवं विरासत की प्रमाणिक जानकारी के साथ साथ ज्यादा आनंद का अनुभव कर सकेंगे ऑडियो ओडिगो ऐप को अब सभी एंड्रायड और आईओएस मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है खज़्राहो के अलावा इस ऐप में राजस्थान का आमेर का किला दिल्ली में चांदनी चौक लाल किला पुराना किला हमायूं का मकबरा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी ताज महल गुजरात में सोमनाथ और धौलावीरा तमिलनाडु में महाबलिपुरम और बिहार में महाबोधि मंदिर शामिल है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभियान में दूध दूध से बने उत्पाद खाद्य पदार्थों और पान मसाला सहित लगभग साढे छह हजार नमने एकत्रित किये गये जिनमें से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने लगभग डेढ हजार नमूनों के जाँच प्रतिवेदन जारी किये हैं

भोपाल में लोगों को वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरुक बनाने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किये गये बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लोन मेला भी लगाया गया जिसमें आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराये गये

वहीं कटनी छिंदवाड़ा और रीवा सहित कई जिलों में ऋण मेलों का आयोजन किया गया गौरतलब है कि कोन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों ग्राहकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए देश के चार सौ जिलों में इस तरह के मेले आयोजित किये जाने के निर्देश दिये थे

मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साह की खंडपीठ ने वेद प्रकाश सिंह ठाकुर कुणाल शुक्ला और अन्य लोगों की इस फैसले को चुनौती देने संबंधी याचिका पर अपनी व्यवस्था दी है

संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत भवन न्यास में गुलजार श्याम बेनेगल अस्ताद देव गुलाम मोहम्मद शेख संजना कपूर और उस्ताद बहाउद्दीन डागर को सदस्य बनाया गया है

इसके साथ ही वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त माना जायेगा प्लास्टिक मुक्ति खण्डवा में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है

निगम आयुक्त हिमांश् सिंह ने बताया कि पॉलिथीन को लेकर नगर निगम गंभीर है नवरात्रि प्रदेश में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास परंपरागत और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है जिले के मैहर में अब तक छह लाख से अधिक श्रद्वालू मां शारदा देवी के दर्शन कर चुके हैं उधर धार में कल चुनरी कलशयात्रा निकाली गई पांच किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वन मंत्री उमंग सिंघार और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी चुनरी यात्रा में शामिल हुए वहीं सागर में स्वच्छता और पॉलिथिन से मुक्ति का संदेश देने वाली झॉकी लगाई गई है यहां आने वाले लोगों को कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैं इधर भोपाल में मुस्लिम समुदाय द्वारा करोंद दशहरा मैदान की साफ सफाई की गई मौसम बादलों की लुका छिपी के बीच अब प्रदेश से मानसून के विदाई के संकेत मिलने लगे हैं राजधानी भोपाल में पिछले तीन दिन से वर्षा नहीं हुई है वहीं अन्य जिलों में भी कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ी हैं बारिश की विदाई के बीच तापमान में इजाफा होने लगा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान शहडोल संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा प्रदेश में अधिकतम तापमान पैतीस डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर और सबसे कम तापमान सोलह डिग्री सेल्सियस बैतुल में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में रीवा सतना सीधी और उमरिया सहित कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पडने की संभावना जताई

पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कुछ दिनों से मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रहा था जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया पुलिस ने वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है

इस घटना में आठ लोगों की मृत्यु हुई है